श्री मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्पत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना करोड़ों भारतीयों का जीवन बदलने में मील का पत्थर साबित होगी और करोड़ों लोग सशक्त होंगे आज आपको जो अधिकार मिला है मेरी बहुत बधाई है आपको ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है आपका घर आप ही का ही है आपके घर में आप ही रहेंगे आपके घर का क्या उपयोग करना है इसका निर्णय अब आप ही करेंगे ना सरकार उसको कोई दखल कर सकती है ना अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है प्रधानमंत्री ने कहा कि छह लाख बासठ हजार गांवों के लोगों को चरणबद्व रूप से संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे संपत्ति के मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा और इससे उन्हें बैंक ऋण सहित कई वित्तीय सुविधाएं मिल सकेंगी

इस कोरोना कालखंड में मास्क पहनने के लिए दो गज की दूरी रखने के लिए बार बार हाथ साबुन से धोने के लिए और आप भी बीमार ना हो आपके गांव में भी बीमारी ना घुसे इसके लिए हम सबको चिंता करनी है और हम जानते है कि यह ऐसी बीमारी है जिसकी दुनिया में अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है और इसलिए आग्रह से मैं आपको कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं इस मंत्र को ना भूलें

मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अनिवार्य कदम उठाने में पुलिस की विफलता की जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी नये परामर्श में यौन अपराधों में मामले की जांच पर नजर रखने को भी कहा है ताकि आरोप पत्र पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके

मुख्यमंत्री ने आज मासिक रेडियोवार्ता कार्यक्रम लोकवाणी की ग्यारहवीं कड़ी में नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी विषय पर अपने विचार साझा करते हुए यह बात कही मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के बेहतर परिणाम मिलने के बाद अब प्रदेश में डॉक्टर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना की शुरूआत की जा रही है

हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय और घरों तक पहुंचाया है हाट बाजार क्लीनिक योजना शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की अपार सफलता और लाखों लोगों के उपचार से प्रेरित होकर अब डॉ राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना की शुरुआत की जा रही है

बस्तर के दूरस्थ अंचल में करीब बारह हजार घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित कई अन्य परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी

भोपालपटनम में बांस आधारित कारखाना लगाएंगे कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण करेंगे दन्तेवाड़ा में मल्टीस्किल सेंटर स्थापित करेंगे बस्तर कुपोषण मुक्त होगा मलेरिया मुक्त होगा और हर तरह के अन्यायों से भी मुक्त होगा यह मेरा वायदा है नारायणपुर में उच्च क्षमता का मोबाइल टॉवर और जगदलपुर से हैदराबाद रायपुर की हवाई कनेक्टिविटी से हालात और तेजी से बदलेंगे कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर अपने अनुभव बांटें

इसके अनुसार अब प्रॉपर्टी की कीमत का पांच फीसदी स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद ही रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइनमेंट मिलेगा महानिरीक्षक पंजीयन और मुद्रांक धर्मेश साहू ने बताया कि ई पंजीयन प्रणाली के तहत यह बात सामने आ रही है कि अपॉइनमेंट तो ज्यादा लिए जा रहे हैं लेकिन रजिस्ट्री कम हो रही है इससे यह बात स्पष्ट हुई कि लोग अनावश्यक रूप से अपॉइनमेंट बुक करा रहे हैं जिससे अन्य लोगों को बेवजह इंतजार करना पड़ रहा है ऑनलाइन अपॉइनमेंट की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अब न केवल प्रॉपर्टी की कीमत का पांच प्रतिशत स्टाम्प पेपर ऑनलाइन अपॉइनमेंट से पहले खरीदना होगा बल्कि पोर्टल पर अब रात की बजाय सुबह आठ बजे से अपॉइनमेंट देने की शुरूआत की जाएगी और अगले पंद्रह दिनों तक के लिए ऑनलाइन अपॉइनमेंट लिए जा सकेंगे साय आरोप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयकों को लेकर राज्य सरकार पर किसानों को गुमराह करने और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है अपने बयान में श्री साय ने कहा है कि राज्य सरकार नये कृषि संशोधित कानूनों को लेकर इसलिए परेशान है क्योंकि केन्द्र सरकार ने इसके जरिये किसानों को उनकी उपज की खरीदी का एकमुश्त भुगतान बहत्तर घंटों के भीतर करने का प्रावधान किया है श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी को लेकर किसानों के साथ अन्याय कर रही है उन्होंने राज्य सरकार से एक नवंबर से धान खरीदी शुरू करने और किसानों का पूरा धान खरीदने की गारंटी देने की मांग भी की है इस बीच दुर्ग से सांसद विजय बघेल ने बीते दिनों अपने क्षेत्र में जगह जगह किसान चौपाल लगाकर किसानों को कृषि सुधार से संबंधित विधेयकों के फायदों से परिचित कराया श्री बघेल ने बताया कि इस दौरान उन्होंने दूर्ग लोकसभा क्षेत्र में किसानों चौपाल के माध्यम से लगभग डेढ़ लाख किसानों से संपर्क किया किसानों ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित कराए गए इन कृषि विधेयकों को अपना समर्थन दिया है

इस संदेश यात्रा का समापन डोंगरगढ़ में होगा सतनाम पंथ के गुरू जगत गुरू रूद्रकुमार की अगुवाई में रायपुर के जेल रोड स्थित सतनाम सदन से इस यात्रा की शुरूआत की गई मोटरसाइकिल और चारपहिया वाहनों के साथ शुरू हुई इस यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया सतनाम संदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और समाज में शिक्षा स्वास्थ्य तथा रोजगार के प्रति जागरूकता लाने के साथ ही बाबा गुरू घासीदास जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है कांकेर घटना एसआईटी हाल ही में कांकेर में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने एसआईटी का गठन किया है एसआईटी में जगदलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा कांकेर के उप पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम और कांकेर के उप निरीक्षक राजेश राठौर को सदस्य बनाया गया है इससे पहले घटना की जांच के लिए गठित पत्रकार दल ने अपनी रिपोर्ट कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सोंपी थी इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस तथ्यात्मक रिपोर्ट पर निष्पक्ष विवेचना के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे माओवादी समर्पण दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों के एक सहयोगी सहित दो इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के अनुसार ये माओवादी कई गंभीर वारदातों में शामिल रहे हैं और बीते कई वर्षो से माओवादी संगठन में सक्रिय थे वहीं जिले के ही कटेकल्याण थाना क्षेत्र में कल शाम माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक बुजुर्ग दंपत्ति घायल हो गए हैं इस हादसे में महिला की आंखों में गहरी चोटे आई हैं दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा घायल ग्रामीण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिले के ही जोड़ियाबाड़ा पंचायत की सरपंच के घर बीती रात अज्ञात लोगों ने लूटपाट की और इस महिला सरपंच के पति के साथ मारपीट भी की पुलिस मामले की जांच कर रही है अपहरण राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में एक ढाबा संचालक के पुत्र का अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिए जाने की खबर मिली है पुलिस के अनुसार कल रात सोमनी से लगे देवदा स्थित ढाबे में कुछ लोग दो वाहनों में सवार होकर पहुंचे और ढाबा संचालक के पुत्र को लेकर फरार हो गए बीती देर रात अपहरणकर्ताओं ने अगवा किए गए किशोर की मां को फोन कर पचास लाख रूपये की फिरौती मांगी है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 दुर्घटना कोंडागांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तीस में आज सुबह हुए सड़क हादसे में अंतागढ़ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की मृत्यु हो गई बताया जाता है कि यह अधिकारी अपनी मोटरसाइकिल से सोनारपाल लौट रहे थे इस बीच एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी वहीं जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में धाराशिव बस स्टैण्ड के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में दूरस्थ अंचलों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहीं बैंक सखियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे

मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश होने की चेतावनी दी है इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब बना हुआ है आगामी चौबीस घंटों के दौरान इसके और प्रबल होकर गहरा अवदाब में तब्दील होने की संभावना है इसके असर से प्रदेश के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश हो सकती है राजधानी रायपुर में आज दिनभर बादल छाए रहे वहीं महासमुंद जिले में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई

मिशन की वेबसाइट पर पात्र उम्मीदवारों की सूची और अन्य जानकारी उपलब्ध है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अनुसूचित जाति तथा जनजाति मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इन विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं

इनके पास से इकसठ हजार रूपये की नगद राशि और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं